मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

मंत्रिमंडल ने आयकर दाता एपीएल राशनकार्ड धारकों को पहले की तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्रदान करने पर भी मुहर लगाई मंत्रिमंडल ने कांगड़ा ज़िले के नगरोटा बगवां में उप कोषागार खोलने की मंजूरी दी राकेश पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने प्रदेश में वन आधारित उद्योग और देवदार इकाईयां स्थापित करने पर बल दिया है शिमला में आज वन विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने और उनकी आजीविका में बढ़ौतरी के लिए बहुद्देशीय गतिविधियां शुरू करने की आवश्यकता है राकेश पठानिया ने कहा कि उद्योगों और हितधारकों को चीड़ की पत्तियों को हटाने में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन संजय गुप्ता और प्रधान मुख्य अरण्यपाल सविता शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

वन वृत धर्मशाला के मुख्य अरण्यपाल प्रदीप ठाकुर ने बताया कि इस वन वृत में शामिल पालमपुर धर्मशाला और नूरपुर वन मंडल में इन दिनों पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कल दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से शिष्टाचार भेंट की इस दौरान वीरेन्द्र कंवर ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुददों पर चर्चा की और राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति के संबंध में भी उन्हें अवगत करवाया जगत प्रकाश नड्डा ने केन्द्र सरकार की ओर से प्रदेश को उदार आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भारी वर्षा व भूस्खलन से लोगों को हुए नुकसान का जायज़ा लेने और प्रभावितों को फौरी राहत देने की राज्य सरकार से मांग की है एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही भारी वर्षा से किसानों व बागवानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है राठौर ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में बंद पड़े सम्पर्क मार्गों को भी जल्द बहाल करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि कुमारसेन क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में कल हुई भारी वर्षा से कई रिहायशी मकानों और गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में खुलने से विकास कार्यों में तेज़ी आएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों की फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए पहले देहरादून जाना पड़ता था जिससे विकास कार्य करवाने में देरी होती थी रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में मंडी संसदीय क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हआ है और विभिन्न परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है विधिक प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यकारी अध्यक्ष व प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता में नाहन क्षेत्र की सेन की सैर पंचायत में पौधरोपण कार्यकम आयोजित किया गया

गौरतलब है कि इन दिनों प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में जंगली फलदार वृक्ष लगाएं फसलों को बचाएं अभियान चलाया जा रहा है नेत्रदान जिला सोलन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नेत्र दान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है इस के तहत आज सोलन में जागरूकता शिवर आयोजित किया गया शिविर में आसपास की करीब तीन दर्जन महिलाओं ने भाग लिया इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों ने आंखों की देखभाल और बहरे पन सहित कोरोना महामारी के बारे में जागरूक किया